कोण्डागांव जिले को स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में सुधार के लिए देश में प्रथम और ओवरऑल रैंकिंग में देशभर के महत्वाकांक्षी जिलों में दूसरा स्थान मिला राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों पर दर्ज प्रकरणों की उच्च स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे रायपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ ने बेहतर प्रदर्शन किया है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार सबसे तेज और सुव्यवस्थित तरीके से काम करने के लिए दिया गया है आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह पुरस्कार प्रदान किए राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री शिव कुमार डहरिया ने यह पुरस्कार ग्रहण किया राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण की रैकिंग में छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर शहर को देशभर में दूसरा और भिलाई नगर को ग्यारहवां स्थान मिला है इस अवसर पर श्री डहरिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए यह बहुत प्रसन्नता और गौरव का अवसर है उन्होंने कहा कि पिछले सर्वेक्षण के मुकाबले इस बार हमने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है और आगे भी इससे बेहतर करेंगे उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के अट्ठाईस शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण रैकिंग में विभिन्न वर्गो में स्थान प्राप्त हुआ है जो राज्य के लिए अत्यंत गौरव की बात है इस अवसर पर भिलाई के महापौर देवेन्द्र यादव और नगरीय प्रशासन विभाग की विशेष सचिव अलरमेल मंगई डी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बिलासपुर को अट्ठाईसवीं जगदलपुर को बत्तीसवीं दुर्ग को तैंतीसवीं राजनांदगांव को बयालीसवीं रायगढ़ को तिरालीसवीं और कोरबा को पैंसठवीं रैकिंग प्राप्त हुई है वहीं एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में नरहरपुर को बीसवीं विश्रामपुर को इक्कीसवीं और जशपुर को उनतालीसवीं स्थान के साथ कई अन्य शहरों ने भी सूची में अपनी जगह बनाई है कोंडागांव पुरस्कार कोण्डागांव जिले को स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में सुधार के लिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है साथ ही इसी जिले को ओवरऑल रैंकिंग में देशभर के महत्वाकांक्षी जिलों में दूसरा स्थान मिला है आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कोण्डागांव जिले के कलेक्टर नीलकंठ टेकाम को इस उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया गया श्री टेकाम को यह पुरस्कार नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने प्रदान किया आयोग ने पुरस्कार के रूप में कोण्डागांव जिले को पांच करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जिले को यह स्थान नीति आयोग द्वारा देशभर के महत्वाकांक्षी जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में किए गए बेहतर सुधारों के लिए प्रदान किया गया नीति आयोग ने उनचास विभिन्न सुचकांकों के आधार पर महत्वाकांक्षी जिलों की रैंकिंग तय की है इन सूचकांकों में स्वास्थ्य शिक्षा पोषण कृषि जल संसाधन भौतिक संरचना वित्तीय समावेशन और स्किल डेवलपमेंट जैसे अन्य बिन्दु शामिल हैं उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा देशभर के अत्यंत पिछड़े एक सौ पंद्रह जिलों का तेजी से विकास करने के लिए महात्वाकांक्षी जिलों के रूप में चयन किया गया है इसमें छत्तीसगढ़ के दस जिले शामिल हैं

देश के साढ़े छह सौ जिलों में पांच हजार से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना केन्द्र काम कर रहे हैं नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में रसायन और उरर्वक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पूरे देश के पांच हजार जन औषधि केन्द्रों को सम्बोधित करेंगे चुनाव आयोग कार्यशाला मीडिया को आदर्श आचार संहिता सहित चुनाव से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज रायपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया इस कार्यशाला के दौरान मीडिया के प्रतिनिधियों को पेड न्यूज ईव्हीएम वीवीपैट मीडिया निगरानी एवं प्रमाणीकरण समिति सहित निर्वाचन से संबंधित सभी बातों की विस्तार से जानकारी दी गई इस कार्यशाला को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू सहित सीईओ कार्यालय के अन्य प्रमुख अधिकारियों ने संबोधित किया प्रकरण समीक्षा राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बधेल के निर्देश पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एके पटनायक इस समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वहीं राज्य के महाधिवक्ता या अतिरिक्त महाधिवक्ता गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आदिम जाति विकास विभाग के सचिव माओवाद ऑपरेशन प्रभारी महानिदेशक जेल और पुलिस महानिदेशक के साथ बस्तर संभाग के आयुक्त इस समिति के सदस्य होंगे

वे रायपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे साथ ही कोर ग्रुप की बैठक भी लेंगे इससे पहले आज रायपुर में भाजपा के कोर ग्रुप की एक बैठक आयोजित की गई

राष्ट्रीय लोक अदालत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और प्रदेश के सभी जिला तथा तहसील मुख्यालयों में नौ मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई जाएंगी इसमें आपसी राजीनामे से निपटने योग्य सिविल आपराधिक मामले मोटर दुर्घटना दावा पारिवारिक वैवाहिक मामले श्रम विवाद विद्युत विवाद आदि के मामलों का निराकरण किया जाएगा

कुलाधिपति और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है नई नियुक्ति होने तक राज्यपाल ने दुर्ग संभाग के कमिश्नर दिलीप वासनीकर को हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रभार सौंपा है डॉक्टर सराफ मूल रूप से सागर के हैं और उन्हें दस माह पूर्व कुलपति बनाया गया था श्री सराफ वर्तमान में फार्मेसी काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सीटीईटी परीक्षा आवेदन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई ने केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की इस साल जुलाई की परीक्षा में आवेदन करने की अंतिम तिथि बारह मार्च तक बढ़ा दी है अब उम्मीदवार परीक्षा शुल्क इस महीने की पंद्रह तारीख तक जमा करा सकते हैं बारहवीं केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा इस साल सात जुलाई को आयोजित की जाएगी परीक्षा समय सारिणी स्कूल शिक्षा विभाग ने स्थानीय स्तर पर होने वाली वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है सभी परीक्षा अप्रैल में होगी पहली से चौथी तक की परीक्षा दो अप्रैल से शुरू होगी ये परीक्षा सुबह आठ से दस बजे के बीच होगी वहीं छठवीं और सातवीं की परीक्षाएं तीस मार्च से शुरू होंगी और ग्यारह अप्रैल तक चलेंगी यह परीक्षा सुबह आठ बजे से साढ़े दस बजे तक संचालित होगी बीजापुर डायरिया बीजापुर जिले के पोटाकेबिन स्थित आवासीय विद्यालय में डायरिया फैलने का समाचार मिला है करीब पचास विद्यार्थियों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया है हमारे संवाददाता के अनुसार द्गाईगुड़ा पोटाकेबिन में कई बच्चे उल्टी दस्त से बीमार हो गए जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया स्वास्थ्य अमला पोटाकेबिन पहुचंकर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं